पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि जयपुर हैरिटेज से मुनेश गुर्जर और जयपुर ग्रेटर से दिव्या सिंह को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया है कोटा उत्तर से मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है उधर भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर दक्षिण से वनिता सेठ और जोधपुर उत्तर क्षेत्र से डॉ संगीता सोलंकी को महापौर पद की प्रत्याशी बनाया है गौरतलब है कि राज्य के जयपुर जोधपुर और कोटा शहरों के छह नगर निगमों में महापौर पद के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है नामांकन पत्रों की जांच कल होगी

इसके तुरंत बाद परिणाम जारी किये जायेंगे

अभ्यर्थियों को दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और कोरोना गाइड लाइन की पालना करना अनिवार्य होगा पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने बताया कि भर्ती में नकल रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है वहीं भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा है कि गुर्जर आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेलमार्ग और बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग बाधित है ऐसे में करौली सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के अभ्यर्थी अपने निजी साधनों से वैकल्पिक मार्गो के जरिये परीक्षा केन्द्रों पर नियत समय से दो घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करें

वहीं एक दर्जन रेलगाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है उधर सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है कल सरकार की ओर से पीलूपुरा में आईएएस नीरज के पवन ने गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की उन्होंने बताया कि इस बारे में जल्द समाधान निकालने के प्रयास जारी है

मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस मिशन ने भारत को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाया है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा

घायल को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं पुलिस के अनुसार ये लोग इमुंझनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र स्थित मेणांस के रहने वाले थे पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है